प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे नीति आयोग तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वार्षिक बैठक का आयोजन किया है वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है वह कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तरल प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश है

इस सम्मेलन का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है यह आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हो रहा है

केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों को व्यवस्थित सुधारों और निवारक सतर्कता उपायों के जरिये भ्रष्टाचार से निपटने में समर्थ होने के लिए साझा मंच उपलब्ध कराता है तीन दिन के सम्मेलन में विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्रों में जांच की चुनौती निवारक सतर्कता वित्तीय समावेशन के लिए सुधार और बैंक धोखाधड़ी की रोकथाम प्रभावी लेखा जांच भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में हाल के संशोधन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय साइबर अपराध और आर्थिक अपराध जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी

जबकि दो लोगों की मौत हई है मृतकों में पूर्वी सिंहभूम और रांची से एक एक मरीज शामिल हैं

बानबे हजार नौ सौ छिहत्तर मरीज ठीक हुए हैं राज्य में पांच हजार आठ सौ चौवालीस सक्रिय केस है राज्य में कोरोना से अब तक आठ सौ छियासठ लोगों की मौत हुई हैं

अबतक एकतीस लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है

रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की अधिक संख्या मरीजों की संख्या में निरंतर कमी और मृत्यु दर कम रहने के साथ देश में इलाज करा रहे लोगों की संख्या कम हो रही है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा केसरी चर्चा में भाग लेंगी

एसपी आशुतोष शेखर ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि कारोबारी से लेवी वसूलने के लिए तीन नक्सली सदस्य के ममाईल जंगल की ओर आने की सूचना पर कार्रवाई की गई एसपी के निर्देश पर इंस्पेक्टर राधेश्याम दास के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और तीन नक्सली सदस्यों को संगठन का पर्चा लेवी वसूली की रशीद कारतूस और पांच मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है

सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकृंद नरवणे इस अर्धवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे इसका उद्देश्य विचार विमर्श के जरिये महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेना है सभी सैन्य कमांडर सेना मुख्यालयों के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया कल सम्मेलन र्को संबोधित कर सकते हैं बैठक में पूर्वी लद्दाख और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति सहित देश की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा होगी विभिन्न बुनियादी विकास परियोजनाओं पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का वक्तव्य भी सम्मेलन के एजेंडे में शामिल है नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ब्रहस्पतिवार से वंदे भारत मिशन का सातवां चरण शुरू होगा दवीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि इस चरण में और अधिक गन्तव्य स्थलों और उड़ानों को शामिल किया जाएगा

पलामू टाइगर रिजर्व में बायसन ने एक बच्चे के जन्म दिया है बेतला नेशनल पार्क में अब बायसन की संख्या बढ़कर एकसठ हो गई है

इस वर्ष कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा कई गाइडलाइन दिए गए है जिसका पालन करते हुए महिलाए माँ दुर्गा की बिदाई में शामिल हुई आई पी एल क्रिकेट में कल अबुधाबी में राजस्थान रायल्स ने मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस को आठ विकेट से हराया

जवाब में राजस्थान रायल्स ने दस गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया शारजाह में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा

धनबाद जिले में उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी गोविंदपुर को मैथन से धनबाद आने वाली क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया है रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बस रविवार रात जलकर खाक हो गई